कहा सुरक्षा बलों को आतंकवाद से निपटने के लिए दी गयी है पूरी छूट प्रधानमंत्री ने कल झांसी में बीस हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया शुभारम्म

उप राष्ट्रपति एम वैकैया नायडू आज पहुंच रहे हैं प्रयागराज कुम्भ कई कार्यक्रमों में लेंगें हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भरोसा दिलाया है कि पुलवामा में सुरक्षा बलों का सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और इस हमले के जिम्मेदार लोगों को उनके किये की कड़ी सजा मिलेगी कल झांसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जवानों की मौत पर पूरा देश गहरे दुख और गुस्से में है उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई है हमारे वीर जवानों ने देरा की रक्षा में अपने प्राणों की आहृति दी है उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी आतंकी संगठनों और उनके आकाओं ने जो हैवानियत दिखाई है उसका पूरा हिसाब किया जाएगा इससे पहले नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हमले जैसी हरकतों से भारत कमी कमजोर नहीं होगा और इसके जिम्मेदार लोगों को बड़ी भारी कीमत चुकानी होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षाबलों को कोई भी कार्रवाई करने की पूरी छूट दी गई है और ऐसी घिनौनी आतंकी हरकत के लिए पक्के तौर पर सजा दी जाएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व समुदाय में पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका भारत का पड़ोसी अगर सोचता है कि वह ऐसी साजिशों से भारत को अस्थिर कर सकता है तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल है प्ररे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर यह समझता है कि जिस तरह के कृत्य वह कर रहा है जिस तरह की साजिश रच रहा है उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे

आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का साथ दे रहे दुनिया के तमाम देशों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आपसी आरोप प्रत्यारोप छोड़ कर एकजुट होने का आग्रह किया पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहनसिंह ने कहा है कि भारत आतंकवाद से एकजुट होकर निपटेगा और आतंकी ताकतों को बर्दास्त नहीं किया जाएगा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बारे में उनकी पार्टी पूरी तरह सरकार और देश के सुरक्षाबलों के साथ है पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा कि शोक की इस घड़ी में देश को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने की जरूरत है उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने कहा कि पड़ोसी देश आतंकवाद को मदद और बढ़ावा दे रहा है सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौड़ ने कहा कि आतंकवाद की कोई भी कार्रवाई देश को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल झांसी में बीस हजार करोड़ रूपये से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी श्री मोदी ने झांसी में रक्षा गलियारे की आधारशिला रखी झांसी उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे के छह प्रमुख केन्द्रों में से एक है अब बुंदेलखंड को देश की सुरक्षा और विकास का कॉरीडोर बनाने का ध्यान शुरु हो चुका है

प्रधानमंत्री ने पहाड़ी बांध आधुनिकीकरण परियोजना का भी उद्घाटन किया एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से जिन विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हथा है उससे बुंदेलखंड में औद्योगिकीकरण को गति मिलेगी और क्षेत्र में बेरोजगारी कम होगी लगभग नौ हजार करोड़ की लागत वाली पाइप पेयजल परियोजना से बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों को काफी फायदा होगा ये योजना झांसी चित्रकूद जालौन हमीरपुर ललितपुर महोबा और बांदा जिलों में लागू होगी

कल सुबह नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी मामलों की समिति की बैठक में यह फैसला किया गया केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली ने बैठक के बाद यह जानकारी दी श्री अरूण जेटली ने कहा विदेश मंत्रालय पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पूरी तरह अलग थलग करने के लिए हर संभव राजनयिक कदम उठाएगा राज्य विधानसभा की कार्यवाही जम्मू कश्मीर के पुलवामा इलाके में हुई आतंकी घटना में शहीद जवानों के शोक में पूरे दिन के लिये स्थगित कर दी गई इससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष ने शहीदों को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्वाजलि अर्पित की उधर क्षिान परिषद में भी शहीद जवानों को श्रद्वाजंति अर्पित करने के बाद सभापति रमेश यादव की व्यवस्था के बाद सदन की कार्यवाही क्छ देर चली लेकिन बाद में सदन को आज तक के लिये स्थगित कर दिया गया प्रदेश सरकार ने पुलवामा इलाके में आतंकी घटना में शहीद जवानों के परिजनों को पच्चीस पच्चीस लाख रूपये की अनुग्रह राशि और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में यह जानकारी देते हुए बताया कि इस आतंकी घटना में सबसे ज्यादा प्रदेश के ग्यारह जनपदों के बारह जवान शहीद हुए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पहली सेनी हाई स्पीड श्रेणी की तेज़ रफ़्तार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया यह रेलगाड़ी नई दिल्ली और वाराणसी के बीच कानपुर और इलाहाबाद से होकर चलेगी यह एक्सप्रेस ट्रेन एक सौ साठ किलोमीटर की रफ़्तार से चलेगी और नई दिल्ली से वाराणसी की दूरी सिर्फ़ आठ घंटे में तय कर लेगी यह रेलगाड़ी सोमवार और बृहस्पतिवार को छोड़कर बाकी समी दिन चलेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मेक इन इंडिया परिकल्यना को ध्यान में रखते हुए रेलगाड़ी के अधिकांश हिस्सों का डिजाइन और निर्माण देश में ही किया गया है उप राष्ट्रपति एमवैकैया नायडू आज प्रयागराज कृम्म पहुंच रहे हैं श्री नायडू कृम्म में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेगें उपराष्ट्रपति अपने कार्यक्रम के दौरान कृभ सेवा मित्र स्वयंसेवकों के एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे

गंगा प्रजन के बाद उप राष्ट्रपति किला क्षेत्र में पहुंचेंगे जहां वह पवित्र पौताणिक अक्षयवट और सरस्वती कूप के दर्शन करेंगे श्री नायडू कुंभ क्षेत्र में लेटे हुए हनुमानजी के दर्शन भी करेंगे उपराष्ट्रपति अपने कार्यक्रम के दौरान कृम सेवा मित्र स्वयंसेवकों के एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और दिल्ली रवाना होने से पहले वे कुंभ के अरैल क्षेत्र में परमार्थ निकेतन आश्रम जाएंगे उप राष्ट्रपति के कुंभ भ्रमण को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए है प्रयागराज कुंम से आशुतोष शुक्ला के इनपुट के साथ एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ राज्य में बिजली गिरने और वर्षा जनित घटनाओं से इक्कीस लोगों की मौत हो गयी है

हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट सर्दियों की यह बरसात कृषि फसलों विशेष रूप से गेह गन्ना और चना की फसलों के लिए उपयोगी बताई जा रही है कृषि जानकारों के अनुसार कुछ स्थानों पर ओलावृदि से आलू और सरसों सहित अन्य फसलों को नुकसान भी हुआ है हरदोई में आकाशीय विजली गिरने से सात लोगों की मौत हुई है और चार लोग घायल हुए हैं आगरा बुलन्दशहर बरेली और सीतापुर में दो दो लोगों की मौत की खबर है वहीं बाराबंकी हापुड़ फिरोजाबाद संभल बिजनौर और मेरठ में आकाशीय बिजली गिरने से एक एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को शोक संतप्त परिवारों को चौबीस घंटे के भीतर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पूर्वी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की सम्भावना व्यक्त की है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना कल से लागू हो गयी है इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को साठ वर्ष की आयु के बाद तीन हज़ार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी योजना के तहत उन कामगारों को भी मासिक पेंशन दी जाएगी जिनकी मासिक आय पंद्रह हजार रुपये या इससे कम है और जो अट्ठटारह से चालिस वर्ष की आयु वर्ग में आते हैं